ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि यह बजट आम आदमी के जीवन और भी स्गम बनायेगा साथ ही व्यक्तियों निवेशकों उद्योग और ब्नियादी ढांचा क्षेत्र के लिए कई सकारात्मक बदलाव लाएगा प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हए कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान केन्द्रित किया गया है साथ ही शोध और नवाचार पर भी जोर दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार के अवसरों में भी स्पष्ट रूप से वृद्धि होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए है और इससे मेहनती अन्नदाताओं की आय दोग्ना करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि कृषि ऋण की उपलब्धता में स्धार होगा और कृषि उत्पाद विपणन समिति एपीएमसी के प्रावधान मजबूत होंगे श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी राज्यों पूर्वोत्तर और लद्दाख की आकांक्षाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ तटीय ढांचागत स्धार से तटीय क्षेत्रों और मछ्आरा सम्दाय का सशक्तिकरण होगा

उन्होंने कंपनी को उसके स्वदेशी कार्यक्रमों को पूरा करने में सभी सहायता का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि कंपनी निर्धारित समय सीमा के अंदर इन विमानों की आपूर्ति कर देगी रक्षा मंत्री ने यह उम्मीद भी जताई की कंपनी मित्र देशों को इन विमानों के निर्यात करने की देश की महत्वाकांक्षा को प्रा कर सकेगी उन्होंने कहा कि कई देशों ने तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई है

मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल में ऐसा पहली बार हआ है कि बजट से पूर्व क्षेत्रवार तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है इधर रविवार को राज्य के योजना विभाग के सलाहकार जाम्बे तासी ने पासीघाट में प्रदेश के सात जिलों अपर सियांग सियांग शी योमी लेपारादा वेस्ट सियांग लोअर सियांग और ईस्ट सियांग के जनप्रतिनिधियों और आलाधिकारियों के साथ बजट प्रर्व बैठक की बैठक के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन सड़क संपर्क कृषि संबद्ध क्षेत्रों बाढ़ और भूमि कटाव सहित जिले की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की इस अवसर पर संबंधित क्षेत्रों के विधायको और अधिकारियों ने जिले की महत्वपूर्ण योजनाओ के लिए वित्तीय जरुरतो के बारे में जानकारी दी

बोर्ड परीक्षाएं चार मई से श्रु होंगी और ग्यारह ज्न तक चलेगी परीक्षा की तारीख जारी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रो से कहा कि मुझे भरोसा है कि आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चार मई से एग्जाम होंगे आपके पास तैयारी का समय मिल गया है

इस अवसर पर पंद्रह दिनों तक चलने वाले प्रिस्टहड कार्यशाला का श्भारंभ किया इस अवसर पर राज्य के शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ताबा तेदिर सहित राज्यभर से आए मूल जनजातिय सम्दायों के प्जारी और सदस्य मौजूद थे अपने संबोधन में म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंडिजिनस कला संस्कृति और भाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है उन्होने प्रदेश की जनजातियों से अपनी पहचान को बचाए रखने और सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़ाने का आहवान किया